झारखंड के कुख्यात नक्सली कमांडर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई पलामू में एक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है वहीं यह अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानूनों का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल में राष्ट्र ध्वज के अपमान और गणतंत्र दिवस के अनादर को दुर्भाग्यंपूर्ण करार दिया राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है

श्री कोविंद ने कहा कि किसानों को मिल रहे इन फायदों को देखते हुए अनेक राजनीतिक दलों ने कृषि सुधारों को अपना पूरा समर्थन दिया है उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इन कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा रखी है और सरकार इस संबंध में अदालत के किसी भी फैसले का सम्मान करेगी

इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है

सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला थामने में मदद मिलेगी इसमें यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर सात दशमलव सात प्रतिशत रहने का अनुमान है

आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का विस्तार से विश्लेषण किया गया है इसमें कहा गया है कि देश में शुरू किया गया टीकाकरण का महाअभियान भी अर्थव्यवस्था में सुधार का बड़ा कारण है आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बढ़ाने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह दशक भारत के उज्वल भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका पूरा पूरा उपयोग करते हुए दशक के दौरान राष्ट्र से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए संसद में बजट सत्र की शुरूआत से पहले संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश को सामने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर आ गया है श्री मोदी ने कहा कि संसद का यह सत्र इस दशक की शुरूआत के साथ हो रहा है और इस साल के बजट को उन चार पांच मिनी बजटों का ही हिस्सा माना जाना चाहिए जो वर्ष के दौरान वित्तंमंत्री निर्मला सीतारामन ने विभिन्न पैकेजों के रूप में पेश किए

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार देश में वर्चुअल विश्वंविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में और अधिक संख्या में विद्यार्थियों के दाखिलों को बढ़ाने की बात कही गई है श्री निशंक ने सभी संबंधित मंत्रालयों और संगठनों को निर्देश दिए हैं कि वे नई शिक्षा नीति के सुचारू क्रियान्वयन में तेजी लाएं शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मातुभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियन इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोनलॉजी के उपयोग पर भी जोर दिया उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह स्ट्डी इन इंडिया अभियान भी बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए बहुचर्चित चारा घोटाला के आरोप में जेल में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी हाईकोर्ट में आज लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तिथि पांच फरवरी निर्धारित की है आपको बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में उन्हें हाइकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है इस मामले में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर आ जायेंगे फिलहाल वे दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं

प्रवर्तन निदेशालय ने आज कार्रवाई करते हुए पलामू जिले के मेदिनीनगर छत्तरपुर और नौडीहाबाजार इलाके में स्थित अभिजीत यादव की जमीन और घर को सीज कर लिया माओवादी सबजोनल कमांडर अभिजीत यादव पर झारखंड और बिहार में कुल पचपन मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ राज्य सरकार ने पांच लाख रूपये का इनाम घोषित कर रखा है

सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में तेरह हजार से ज्यादा की वृद्वि हुई है इनमें अठारह से उन्नीस वर्ष के मतदाताओं की संख्या तीन हजार सात सौ से ज्यादा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता

इस सिलसिले में यहां पहली बार रसभरी की खेती की जा रही है

राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने आदिवासियों की आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर दिया है वे आज रांची में आयोजित महुआ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में महुआ उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं डॉ उरांव ने कहा कि महुआ से बने उत्पादों को बढ़ावा देने से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी

भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को प्रसारित करने में प्रबुद्ध भारत पत्रिका एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू किया गया था जहाँ से दो साल तक इसका प्रकाशन होता रहा और बाद में इसे उततराखंड के अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाने लगा

भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता दर्शन इतिहास मनोविज्ञान कला और अन्य सामाजिक मुद्दों पर अपने लेखन के माध्यम से प्रबुद्ध भारत ने अपनी छाप छोड़ी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाल गंगाधर तिलक भगिनी निवेदिता श्री अरबिंदो पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लेखकों ने कई वर्षों तक पत्रिका में योगदान किया राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज से मौसम में परिवर्तन हआ है कई इलाकों में आज दिनभर बादल छाये रहे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है ऐसे में कल से ठंड बढ़ने की उम्मीद है मौसम विज्ञान केन्द्र रांची के मुताबिक देश के दो अलग अलग हिस्सों चकवातीय क्षेत्र बन रहा है इसका असर राज्य के मौसम पर देखने को मिल रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगले तीन दिनों तक रांची समेत राज्य भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी संक्षिप्त खबरें कल से राज्य भर में कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता अभियान शुरू हो रहा है इस सिलसिले में विभिन्न जिलो में व्यापक तैयारी की गई है रामगढ़ जिले में सिविल सर्जन डॉ नीलम चौधरी ने आज अभियान की तैयारियों की समीक्षा की पलामू के उपायुक्त शशिरंजन ने आज कृषि मतस्य और पशुपालन विभाग के कार्यो की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन पर बल दिया हजारीबाग जिले में आज उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने यूनिफाईड कमांड एरिया के तहत चयनित सनतावन गांव में चल रही योजनाओं की समीक्षा की

जिले के रानी ज्योर्तिमयी स्टेडियम में आयोजित टुर्नामेंट का उद्घाटन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने किया